प्रदेश के विभिन्न भागों में आंधी पानी और वज्रपात से चौदह लोगों की मौत

राज्य में इंसेफ्लाइटिस से देर रात पांच और बच्चों की मौत हो गयी जिससे बच्चों के मरने की संख्या पैंसठ तक पहुंच गयी है अब तक मुजफ्फरपुर और आस पास के इलाकों से पच्चीस नये मरीजों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है जिनमें से कुछ बच्चों की हालत गंभीर बतायी जा रही है उधर समस्तीपुर में तीन और वैशाली जिले में सात बच्चों की मौत हो गयी है हालात की गंभीरता को देखते हुए राज्य के स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट पर रखा गया है इधर कल केन्द्रीय टीम ने मुजफ्फरपुर पहुंचकर हालात का जायजा लिया दल में शामिल चिकित्सकों ने श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल और केजरीवाल अस्पताल में डॉक्टरों के साथ गहन विचार विमर्श किया दल में शामिल डॉक्टरों ने पीड़ित बच्चों को भी देखा इसके बाद टीम ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट स्वास्थ्य मंत्रालय को भेज दी है टीम में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र राष्ट्रीय विषाणु रोग नियंत्रण कार्यक्रम और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के विशेषज्ञ शामिल थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि माफिया गिरोह और धंधेबाज पकड़े जायेंगे तभी शराब के अवैध कारोबार पर प्री तरह पाबंदी लगेगी उन्होंने आईजी प्रोहिबिशन को निर्देश देते हुए कहा कि यदि कार्रवाई में कमी हो रही है तो वह स्वयं ही जांच कर अग्रेतर कार्रवाई करें मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जो लोग अवैध शराब के कारोबार में पकड़े जा रहे हैं वे पहले किस धंधे में लगे थे या शराबबंदी से पहले जो शराब के कारोबार में लगे थे वे अब कौन सा व्यवसाय कर रहे हैं इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए जांच कर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है मुख्यमंत्री ने वरीय पुलिस अधिकारियों से कहा कि सभी थानाध्यक्षों से लिखित में लिया जाये कि उनके इलाके में शराब का अवैध कारोबार नहीं हो रहा है इसके बाद जिनके क्षेत्र में शराब पकड़ी जायेगी उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुये उन्हें दस वर्षों तक थाने में पोस्टिंग नहीं दी जायेगी इधर ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का निर्देश दिया है उन्होंने कहा कि इस वर्ष से राज्य के सभी सरकारी भवनों और कार्यालयों की छत पर सौर प्लेट लगाये जाएंगे उन्होंने कहा कि जो किसान बिजली का कनेक्शन लेना चाहते हैं इसके लिए पच्चीस जून तक उनसे आवेदन ले लिया जाए प्रदेश में सड़कों के विकास के लिए घोषित प्रधानमंत्री पैकेज की पचहत्तर योजनाओं में से दस पूरी कर ली गई हैं पथ निर्माण मंत्री नन्द किशोर यादव ने बताया कि इकतालीस योजनाओं का कार्यान्वयन चल रहा है और बीस योजनाएं स्वीकृति और निविदा की प्रक्रिया में है शेष चार परियोजना का डीपीआर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से तैयार किया जा रहा है उन्होंने बताया कि सोन नदी पर कोईलवर पुल मार्च दो हजार बीस तक चालू हो जायेगा जबकि महात्मा गांधी सेतु का एक लेन इस वर्ष दिसम्बर तक चालू होगा केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आधार और अन्य कानून संशोधन विधेयक दो हजार उन्नीस को मंजूरी दे दी है यह विधेयक आधार और अन्य कानून संशोधन अध्यादेश दो हजार उन्नीस का स्थान लेगा यह विधेयक सार्वजनिक हितों को पूरा करने में यूआईडीएआई को एक मजबूत तंत्र प्रदान करेगा इससे आधार के दुरूपयोग पर रोक लगेगी इस संशोधन के बाद किसी व्यक्ति को अपनी पहचान साबित करने के लिए तबतक आधार नम्बर या प्रमाणीकरण का नम्बर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा जब तक कि ऐसा करना संसद द्वारा पारित किसी कानून के तहत अनिवार्य न हो बैंक खाता खुलवाने में आम लोगों को सुविधा प्रदान करते हुए प्रस्तावित संशोधनों में प्रमाणीकरण हेतु आधार नम्बर उपलब्ध कराना स्वैच्छिक कर दिया गया है विधेयक को संसद के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा प्रदेश में आंधी पानी और वज्रपात से चौदह लोगों की मौत हो गयी नालंदा जिले में छह पटना में पांच और पूर्वी चंपारण में तीन लोगों की मौत हो गयी नालंदा के शेरपुर में तालाब में स्नान कर रहे तीन किशोरों की ठनका गिरने से मौत हो गयी इसी जिले के अजनौरा और इस्लामपुर में ठनका गिरने से एक एक व्यक्ति की मौत हो गयी इधर पटना जिले के नौबतप्र में बारिश के दौरान एक दीवार के ढह जाने के कारण उसमें दबकर तीन बच्चों की मौत हो गयी जबकि धनरूआ और बिहटा में आंधी के दौरान विभिन्न घटनाओं में दो लोगों की मौत हो गयी उधर पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन में ठनका गिरने से तीन लोगों की मौत हो गयी मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज प्रदेश भर में बादल छाये रहेंगे कहीं कहीं हल्की ब्रंदा बांदी की संभावना है जिससे तापमान में दो डिग्री सेल्सियस तक कमी आ सकती है मौसम वैज्ञानिकों ने कहा कि पटना गया औरंगाबाद नालंदा राजगीर नवादा और शाहाबाद के क्षेत्र में बारिश के बाद भी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी जबकि पटना और गया जिले में अठारह जून से मौसम में बदलाव होने के संकेत हैं राज्य में प्राथमिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए लगभग एक लाख अड़तीस हजार शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया अगले माह से शुरू हो जायेगी

नियोजन की प्रक्रिया पूर्ववत ही रहेगी और नियोजन की कार्रवाई संबंधित नियोजन इकाई ही करेगी सचिव ने कहा कि टीईटी और एसटीईटी के प्रमाण पत्रों की वैधता को बढ़ाया गया है जिसके लिए राज्य सरकार नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन को पत्र लिखेगी उन्होंने कहा कि प्रारंभिक स्कूलों के नियोजन में महिलाओं को पचास और माध्यमिक स्कूलों के नियोजन में पैंतीस प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा पाटलिपुत्र टेनिस कोर्ट पर चल रहे आइटा टैलेंट सीरिज अंडर सिक्सटीन एकल टेनिस प्रतियोगिता के फाइनल में आज सुजैन का मुकाबला कार्तिकेय अगासी से होगा पटना जिले के रूपसपुर थाने के पास एक आभूषण की दुकान से अपराधियों ने पन्द्रह लाख रूपये के गहने लूट लिये पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक होटल में शराब पीने और रखने के आरोप में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है भागलपुर जिले में पॉक्सो की एक अदालत ने दुष्कर्म मामले में एक चिकित्सक को चौदह साल की सजा सुनायी है दरभंगा जिले में कमतौल थाना क्षेत्र के माधोपट्टी गांव में पुलिस ने बागीचे में छुपाकर रखी गई तीन सौ सात कार्टन विदेशी शराब बरामद के साथ दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने मौके से एक कार एक पिकअप वैन और दो मोबाइल फोन भी जब्त किया है आज के सभी समाचार पत्रों ने शिक्षकों की बहाली की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है प्रभात खबर की सुर्खी है एक दशमलव तीन आठ लाख शिक्षकों की होगी बहाली प्रक्रिया अगले माह से इस खबर पर हिन्दुस्तान ने लिखा है टीईटी प्रमाण पत्र की वैधता बढ़ी दैनिक जागरण ने अमरनाथ यात्रा से पहले बड़ा आतंकी हमला पांच सीआरपीएफ जवान शहीद को बड़ी खबर बनाया है दैनिक भास्कर ने आज गुजरात से टकरायेगा तूफान वायु बस ट्रेन और विमान सब बंद को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाया है अखबार आज ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है सरकारी भवनों पर लगेंगे सोलर प्लेट और अब अंत में मुख्य समाचार इंसेफ्लाइटिस से मुजफ्फरपुर समेत अन्य जिलों में पांच और बच्चों की हुई मौत

प्रदेश के विभिन्न भागों में आंधी पानी और वज्रपात से चौदह लोगों की मौत